सरकार ने यह भी कहा है कि गोपनीयता भंग करने के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी केन्द्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार संदेश भेजने से संबद्ध मंच व्हाट्सएप में निजता के उल्लंघन के प्रति चिंतित है उन्होंने व्हाट्सएप को पत्र लिखकर विस्तृत स्पष्टीकरण लेने को भी कहा है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र से मिलने वाले धन का जन कल्याण के कार्यों में भरपूर उपयोग होना चाहिए ऊना में कल जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की सलाह दी ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके अनुराग ठाकुर ने योजनाओं के बेहतर कियान्वयन के लिए विभागों में आपसी तालमेल पर भी बल दिया बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और विधायक बलबीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे पश एंबलैंस प्रदेश सरकार ने मंडी चंबा और ऊना जिलों में पशुओं के लिए एबुलैंस सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है इस सेवा के माध्यम से बीमार पशुओं को पशु औषधालयों तक पहुंचाया जाएगा सरकार ने अगले वर्ष मार्च माह तक बेसहारा पशुओं को संरक्षित करने के लिए गौसदनों के निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया है कमि दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल व विटामिन ए की दवा खिलाई जाएगी कृमि संकमण से बच्चों में खून की कमी हो जाती है जिससे उनका सही ढंग से शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता

उन्होंने कहा कि निगम आईटीआई की अधोसंरचना और क्षमता को चरणबद्व तरीके से सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है रोहन चन्द ठाकुर ने कहा कि इससे विद्यार्थियों के कौशल में सुधार आएगा और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने इन्वेस्टर्स मीट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सुरक्षा स्थिति को लेकर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट दिव्य हिमाचल का शीर्षक है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए चुने तीन सौ अफसर दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं इन्वेस्टर्स मीट के सुरक्षा प्रबंधन पर केन्द्रीय एजेंसियों की नजर पीएमओ ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा बंदोबस्तों पर मांगी रिपोर्ट अजीत समाचार के अनुसार जयराम ने लगाई बड़े अधिकारी की क्लास इन्वेस्टर मीट के बहाने केंद्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों के सामने अपने और परिवार के नंबर बनाना बना मुद्दा जबकि दैनिक जागरण लिखता है पांच हजार रूपए दैनिक किराये पर लिए जा रहे थे एलईडी टीवी अमर उजाला की एक खबर है स्कूलों में लगेंगे पोक्सो बॉक्स छात्राए कर सकेंगी छेड़छाड़ की शिकायत इसी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है हर स्कूल में लगेगी सुरक्षा शपथ भारत सरकार के निर्देश सभी स्कूलों को भेजे दैनिक भास्कर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है हमीरपुर रेलवे लाइन में हिस्सेदारी पर राज्य का रूख साफ नहीं इसलिए हुई देरी हिमाचल में नशीले पदार्थों की औसत खपत यूपी और उत्तराखंड से ज्यादा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है एम्स दिल्ली के कराए सर्वे में खुलासा

दिव्य हिमाचल की एक खबर है बद्दी में पैकेजिंग उद्योग में आग करोड़ों खाक दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल प्रदेश में पशुओं के लिए शुरू होगी एंबुलैंस सेवा परिवहन विभाग हिमाचल को बनाएगा जीरो चालान स्टेट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है लोगों को समझाएंगे सीट बेल्ट हेलमेट पहनने के फायदे एक माह चलेगा कैंपेन मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में आज बारिश की संभावना अमर उजाला के शब्द हैं साफ मौसम में पौना घंटा बरसे ओले आज बारिश के आसार

नमस्कार